प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेकटेश्वर लू ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का किया आह्वान तीसरे चरण के चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों ने रैलियां और रोड़ शो किए लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये नामांकन दाखिल करने का आज है अंतिम दिन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आठ संसदीय सीटों पर अब से थोड़ी देर पहले मतदान शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है दूसरे चरण की जिन आठ सीटों के लिए आज मतदान हो रहा हैं उनमें हाथरस बुलन्दशहर नगीना और आगरा सुरक्षित सीटों के अलावा मथुरा फतेहपुर सीकरी अमरोहा तथा अलीगढ़ शामिल हैं जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं उनमें मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अमरोहा से पूर्व जेडीएस महासचिव और गठबन्धन प्रत्याशी कुॅवर दानिश अली शामिल हैं

जिनमें कई चर्चित प्रत्याशी जैसे मथुरा से हेमा मालिनी फतेहपुर सीकरी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजवब्बर और अमरोहा से गठबंधन प्रत्याशी तथा पूर्व जेडीएस महासचिव कुंवर दानिश अली शामिल हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

अलीगढ़ में सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है लोग कतार में लग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं

स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के लिए इन सभी संसदीय क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केन्द्रों पर एक हज़ार नौ सौ से अधिक डिजिटल और वीडियों कैमरों के ज़रिये मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी इसके अलावा इन सभी मतदेय स्थलों पर वीवीपैट का शत प्रतिशत इस्तेमाल किया जायेगा इस दौरान मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश के अलावा कारखाने सभी वाणिज्यक प्रतिष्ठान और दुकानें बन्द रहेंगी

उन्होंने कहा कि मताधिकार आम नागरिकों के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता के सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है लोगों को इस संवैधानिक अधिकार और नैतिक दायित्व का निर्वहन पूरी तन्मयता से करना चाहिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है

इस चरण में तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित करते हए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा पिछले तीन दिनों में हुई वर्षा और ओलावृष्टि का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रभावित किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है पश्चिमी ओडिशा में भवानीपटना में श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र की एन डी ए सरकार ने राज्य में लोगों के कल्याण के लिए अनेक विकास परियोजनाएं शुरू की हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कन्नूर में एक रैली को संबोधित किया और अपने दूसरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट घोटाले और कृषि फसलों की कीमतों में गिरावट का असर इन चुनावों पर पड़ेगा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने राष्ट्र पर हमला करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड बनाया है तीसरे चरण में प्रदेश के दस संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू ऑवला बरेली और पीलीमीत में योट डाले जायेंगे बरेली जिले के आँवला लोकसभा क्षेत्र में कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप के समर्थन में चुनावी सभा को सम्बोधित किया श्री मौर्य ने कहा कि सपा और बसपा का गठबन्धन राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया है लेकिन जनता गठबन्धन के नेताओं के चरित्र से अच्छी तरह अवगत है और वह अपने विवेक से बेहतर निर्णय करेगी बाद में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि आजम खान का बयान महिलाओं के प्रति अनादर जाहिर करता है उन्होंने कहा कि सपा नेतृत्व को श्री खान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सपा बसपा के चुनावी तालमेल का जिक्र करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि गठंबन्धन में शामिल सभी दलों का सफाया निश्चित है लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम दिन है बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बाईस अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में लखनऊ मोहनलालगंज सीताप्र रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर बाराबंकी फैजाबाद कौशाम्वी धौरहरा बहराइच कैसरगंज और गोण्डा में छह मई को वोट डाले जायेंगे उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्म देव राम तिवारी ने बताया कि पांचवें चरण के मतदान में कुल दो करोड़ सैंतालीस लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन एनडीए केन्द्र में प्नः सत्ता हासिल करने में सफल होगा श्री सिंह कल शाहजहांप्र के मीरानप्र कटरा इलाके में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक रैली को सम्बोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि पहले चरण के मतदान के फौरन बाद गठबन्धन ने ईवी एम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है श्री सिंह ने कहा कि इन दलों को अपनी हार का एहसास सताने लगा है उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है लेकिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते लेकिन इन दलों का यह सपना साकार नहीं होगा समाजवादी पार्टी बसपा गठबन्धन की ओर से लखनऊ संसदीय क्षेत्र से पूनम सिन्हा प्रत्याशी होंगी वह पूर्व भाजपा नेता और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए शत्र्घन सिन्हा की पली हैं लखनऊ संसदीय क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काग्रेस ने कल ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था